भारतीय वायू सेना ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर विमानों ने दिखाए करतब बुराई पर अच्छाई का प्रतीक विजयादशमी का पर्व प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कई स्थानों पर होगा रावण के पुतलों का दहन भारत की मैरीकॉम विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंची राफेल भारत को फ्रांस से पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल गया है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने अब से कुछ देर पहले मेरीनेक में एक समारोह में इसे प्राप्त किया इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि यह समारोह भारतीय वायु सेना के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है उन्होंने कहा कि यह भारत और फ्रांस के बीच महत्वपूर्ण रणनीतिक भागीदारी का प्रतीक है यह समारोह ऐसे समय हुआ है जब भारतीय वायुसेना अपना स्थापना दिवस मना रही है और देश में आज विजयादशमी का त्यौहार भी मनाया जा रहा है श्री सिंह ने इस अवसर पर शस्त्र पूजा की इसके बाद रक्षामंत्री लड़ाकू विमान में उड़ान भी भरेंगे इससे पहले रक्षा मंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो से मुलाकात कर भारत फ्रांस रक्षा और रणनीतिक संबंधों पर चर्चा की विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि रक्षा मंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति से मुलाकात बहुत सार्थक और सौहार्द्रपूर्ण रही इन नेताओं ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की

समारोह को संबोधित करते हए वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदोरिया ने देश को आश्वस्त किया कि वायु सेना देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर हमेशा चौकस है इस मौके पर विंग कमांडर अभिनन्दन वर्धमान ने मिग ं बाइसन विमान में उड़ान भरी

आज जयपुर रिथित मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में पौधा लगाने के बाद उन्होंने कहा कि पौधे लगाना ऑक्सीजन बैंक का निर्माण करने के समान है

राज्यपाल श्री टंडन ने मुख्यमंत्री कमल नाथ के साथ हुई चर्चा के बाद अध्यादेश के संबंध में दिये गये विवरण से संतुष्ट होकर अध्यादेश अनुमोदित करने का निर्णय लिया राज्यपाल श्री टंडन ने स्पष्ट किया है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्पराओं के निर्वहन और संवैधानिक मर्यादाओं के संरक्षण के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित विषय पर विचारों को व्यक्त करने में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन किया जाए

प्रदेश में भी यह पर्व परम्परागत तरीके से मनाया जा रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी है राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की हार्दिक बधाई और श्भकामनाएँ दी हैं विजयादशमी पर्व के साथ ही नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर्व का भी आज समापन हो जाएगा राजधानी भोपाल में विजयादशमी पर शहर के छोला स्थित राममंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना की गई मंदिर के बाहर विशाल भंडारा आयोजित किया गया उसके बाद नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भगवान राम की विजय यात्रा के रूप में झांकियां और चल समारोह निकाले गये इस मौके पर पुलिस विभाग सहित अन्य लोगों ने शस्त्रों और वाहनों को साफ सुथरा कर उनकी पूजा की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी आज अपने निवास पर परम्परानुसार शस्त्रों और वाहन की पूजा की राजधानी में विभिन्न क्षेत्रों में रावण दहन के लिये आकर्षक पुतले खड़े किये गये हैं बारिश के मौसम को देखते हए कारीगरों ने इस बार वाटरप्रफ रावण के पूतले तैयार किये हैं संत हिरदाराम नगर कोलार भेल बाग मुगलिया सहित कई स्थानों पर रावण दहन के बड़े आयोजन किये जा रहे हैं

प्रदेश में इंदौर ग्वालियर जबलपुर में भी रावण और मेघनाथ के दहन के कार्यक्रम में रंगारंग आतिशबाजी होगी विजयादशमी पर्व मनाने वाली समितियों ने कई स्थानों पर सौ फिट से भी ऊंचे रावण के पुतले बनाये हैं आगरमालवा जिले में दशहरे का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है खंडवा में कुछ स्थानों पर बारिश को देखते हुए फाइबर के रावण के पुतले बनाये गये हैं उमरिया श्योपुर शाजापुर विदिशा धार खरगोन सतना मुरैना शिवपुरी सहित ेअन्य जिलों में भी दशहरे पर्व के हर्षोल्लास के साथ मनाये जाने और कई स्थानों पर रावण और मेघनाथ के पुतलों के दहन के कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं

हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज दोपहर गांव के सात बच्चे नहाने के लिये पास ही बने छोटे तालाब पर गये थे नहाने के दौरान गहरे पानी में चले जाने से पांचों बच्चों की मौत हो गई मृतकों में दो बच्चे सगे भाई थे

घटना की खबर मिलते ही जिला कलेक्टर और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई थी मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस हादसे पर दःख जताते हए उन्होंने घटना की जांच के आदेश दिये हैं

उधर रीवा जिले के शाहपुर में ट्रक की टक्कर से जीप में सवार पांच लोगों की मौत हो गई पुलिस सुत्रों के अनुसार कल देर रात रीवा मिर्जापुर मार्ग पर खटकरी के समीप यह हादसा हआ जीप में सवार सभी लोग देवरा गांव के निवासी बताये जा रहे हैं जो एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे मुक्केबाजी रूस के उलानउदे में विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में छह बार की विश्व चैम्पियन भारत की मैरी कॉम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है

गुरूवार को उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की किम हयांग मी से होगा

प्रदेश में मौसम की स्थिति लगभग तीन चार दिन और ऐसी रहने की संभावना भी जताई गई है अरब सागर से आ रही नमी के कारण प्रदेश के कुछ स्थानों पर कल हल्की से तेज बारिश हई राजधानी भोपाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में कल दोपहर बाद बारिश की तेज बौछारे पड़ी